प्रदेशभर में धूमधाम से मनाया गया हिन्दी दिवस हिन्दी में बेहतरीन कार्य के लिए अधिकारी और कर्मचारी सम्मानित

भारत व दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी टवेंटी मैच कल धर्मशाला में सभी तैयारियां पूरी

अमित शाह ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मरीजों को फल वितरित किए और स्वच्छता अभियान में शामिल होकर सेवा सप्ताह अभियान शुरू किया इस दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ता रक्तदान करने के अलावा मरीजों को राहत और सहायता उपलबध कराने के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य शिविरों में भी जाएंगे पार्टी के सांसद विधायक और अन्य प्रतिनिधि देश के विभिन्न भागों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे लोगों को स्वच्छता अभियान जल बचाओ और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने से जुड़ी तीन प्रतिज्ञाएं दिलाई जाएंगी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये भूमि आबंटित करने के लिए केन्द्र सरकार का आभार जताया है उन्होंने आज शिमला में कहा कि द्वारका में अतिथि गृह बन जाने पर प्रदेश के लोगों विद्यार्थियों और सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली में ठहरने की एक और सुविधा उपलब्ध हो जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस अतिथि गृह पर शीघ्र ही काम आरम्भ करेगी उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से देश के विभिन्न स्थानों पर हिमाचल की सम्पत्तियों का विस्तार हो रहा है हिन्दी पखवाड़ा हिन्दी दिवस आज प्रदेशभर में धूमधाम से मनाया गया इस मौके पर शिमला में राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की उन्होंने इस मौके पर सभी से हिन्दी भाषा को अधिक से अधिक प्रयोग में लाने का आहवान किया और कहा कि केवल हिन्दी दिवस के मौके पर ही हिन्दी में कार्य करना उचित नहीं है उन्होंने हिन्दी और संस्कृत को सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा भी करार दिया शिक्षा मंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा कार्य हिन्दी में करने को कहा ताकि अंग्रेजी के प्रति बनी मानसिकता को खत्म किया जा सके उन्होंने ये भी कहा कि जितना अधिक हिन्दी का प्रयोग देश में किया जाएगा उससे राष्ट्र का स्वाभिमान और बढ़ेगा शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर हिन्दी में बेहतरीन कार्य करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया महेन्द्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है उन्होंने कहा कि सरकार गांव स्तर पर ग्रणात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है महेन्द्र सिंह आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के रखोह गांव में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस मौके पर किसानों से नगदी फसलें अपनाने का आहवान भी किया गोविंद वन मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश सरकार पंडोह डैम बाखली मंदिर और साथ लगते क्षेत्रों को इको टूरिज्म के माध्यम से विकसित किया जाएगा

गोविंद ठाक्र आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरोआ में उद्योग विभाग और कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि इको ट्ररिज्म के तौर पर विकसित होने से इस क्षेत्र के युवाओं को रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे प्रदेश रेडक्रॉस सोसायटी के अस्पताल अनुभाग की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकर ने इस मौके पर कहा कि पंडोह क्षेत्र में शीघ्र ही हिमाचल सिल्क मार्ट स्थापित किया जाएगा राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा में जारी आरोप पत्र की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है राठौर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि इस पत्र में मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि मंत्रियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं इसलिए इस पत्र की किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच होनी चाहिए उन्होंने ये भी कहा कि आरोप किसने लगाए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि इसमें लगाए गए आरोप महत्वपूर्ण हैं उन्होंने ये भी कहा कि इस आरोप पत्र से साबित हो गया है कि भाजपा में अंदरखाते बड़े पैमाने पर अंतर्कलह चल रही है और भाजपा तीन गुटों में बंट चुकी है उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार राज्य का विकास करने और वित्तीय संसाधन जुटाने पर कोई ध्यान नहीं दे रही है लोक अदालत प्रदेश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने और पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर उन्हें हल करने के लिए आज प्रदेशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि नाहन में पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने और शहर की ऐतिहासिक धरोहरों के जीर्णोद्वार के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे ताकि स्थानीय लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो सके डॉक्टर बिंदल आज नाहन में ऐशियन विकास बैंक और आईडी आई पीटी के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि नाहन शहर में ऐशियन विकास बैंक की मदद से प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों के उत्थान के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है

सरवीण चौधरी ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दे रही है उन्होंने भलेड़ दुल्ली काकड़ा सड़क का भी भ्रमिप्जन कर शिलान्यास किया

सतपाल सत्ती प्रदेश भाजपा ने धर्मशाला और पच्छाद विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपच्नावों के लिए गतिविधियां बढ़ा दी हैं इसी कड़ी में आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने धर्मशाला में बूथ स्तर पर बैठकों का आयोजन किया और नेताओं को जिम्मेवारियां सौंपी पार्टी ने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र को चार जोन में बांट कर प्रभारियों की नियुक्तियां भी कर दी हैं

उन्होंने पार्टी के भीतर किसी प्रकार की गुटबाज़ी से भी इनकार किया क्रिकेट भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी ट़वेंटी सीरीज का पहला मैच कल धर्मशाला स्थित एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा दोनों ही टीमों ने आज धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास किया दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सुबह के सत्र में जबकि भारतीय टीम ने दोपहर बाद के सत्र में अभ्यास किया

उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी का अनुभव हमेशा टीम इंडिया के काम आएगा जबकि क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का धोनी का फैसला उनका निजी फैसला होगा